आयोग ने कहा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों से संबंधित आदेश में असहमति सार्वजनिक नहीं की जाएगी संभावित चुनाव परिणामों पर रणनीति तैयार करने के लिए एनडीए नेताओं की कल नई दिल्ली में हुई बैठक लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में कल कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जायेगी मतगणना ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल का पर्व कल धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा है कि मतदान में इस्तेमाल की गई ई वी एम स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षित हैं आयोग ने कहा कि मीडिया में दिखाए गए दृश्य मतदान के दौरान इस्तेमाल की गई किसी भी ई वी एम से संबंध नहीं रखते हैं स्ट्रांग रूम में रखी गई ई वी एम के स्थान पर कथित रूप से अन्य ई वी एम को रखने की कोशिश की शिकायत के बाद यह स्पष्टीकरण आया है आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें और आरोप पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं आयोग ने कहा है कि मतदान समाप्त होने के बाद सभी ई वी एम और वी वी पैट को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में लाया जाता है जिसे उम्मीदवारों और प्रेक्षकों की उपस्थिति में दोहरे ताले के साथ सील किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है तथा मतगणना होने तक दोनों ही सी सी टी वी की निगरानी में रहती हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्ट्रांग रूम का चौबीसों घंटे पहरा देते हैं और निगरानी के लिए उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि भी मौजूद होते हैं मतगणना के दिन वीडियोग्राफी के अंतर्गत उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि तथा प्रेक्षक की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाता है उधर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकेटेश्वर लू ने कहा कि राज्य में सभी ईवीएम सुरक्षित हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांगरूम में रखी गई हैं उन्होंने विपक्षी दलों के ईवीएम के बदले जाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह मामला गाजीपुर चंदौली झांसी और डुमरियागंज के कुछ नेताओं ने उठाया है एक रिपोर्ट गाजीपुर जिले में बसपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने स्ट्रांग रूम केन्द्र के सामने धरना दिया और आरोप लगाया कि ईवीएम मशीनों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है हालांकि प्रशासन ने आरोपों को खारिज कर दिया और लोकसभा सीट की हर विधानसभा से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौके पर मौजूद रहने देने की प्रत्याशी की मांग को स्वीकार कर लिया जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये अतिरिक्त और विना इस्तेमाल की गई मशीने थीं जिन्हें मतदान के दिन किन्ही कारणों से वापस नहीं जाया जा सका था मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेखरलू ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झांसी और डुमरियागंज के मामले काफी पुराने हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों में असहमति और अल्पमत वाले दृष्टिकोण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा आयोग की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और दोनों निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र उपस्थित थे आयोग ने कहा है कि असहमति संबंधी टिप्पणियां और अल्पमत वाला दृष्टिकोण बैठक के रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहेगा जैसा कि अब तक होता रहा है आचार संहिता के उल्लंघन के मामले अर्ध न्यायिक किस्म के नहीं होते इसलिए उन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके सहयोगी आयुक्तों के हस्ताक्षर नहीं होते हैं इसलिए असहमति को आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता हाल ही में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आयोग की व्यवस्था से लवासा ने अपने आपको यह कहते हुए अलग कर लिया था कि उनकी असहमति को निर्वाचन आयोग के आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एन डी ए के नेता कल नई दिल्ली में रात्रिभोज पर मिले बैठक के दौरान चुनाव के संभावित परिणामों पर रणनीति तैयार की गयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री तथा जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार शिरोमणि अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल शिव सेना प्रमुख उद्दव ठाकरे लोकजनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान और ऑल इंडिया अन्ना डी एम के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीसामी बैठक में मौजूद थे इससे पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के साथ बैठक की इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निर्मला सीतारामन राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ स्मृति ईरानी हरसिमरत कौर बादल और रामविलास पासवान सहित अनेक मंत्रियों ने हिस्सा लिया सत्रहवीं लोकसभा के गठन के चनाव के लिये हए मतदान के बाद अब कल तेईस मई को होने वाली मतगणना के लिये तैयारियां अंतिम चरण पर है वाराणसी की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट जहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं वहां की मतगणना लाल बहादुर शास्त्री कृषि मंडी परिसर में होगी इसके लिये विधानसभावार पांच मेजों पर मतगणना होगी वाराणसी में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पांच है इनके नाम है रोहनिया वाराणसी नार्थ वाराणसी दक्षिण वाराणसी कैंट और सेवापूरी वाराणसी क्षेत्र में मतदान सातवें और अंतिम चरण में हुआ था बाईस विपक्षी पार्टियों के शिष्टमंडल ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती रैन्डम तरीके से चने गये पांच मतदान केन्द्रों की वीवीपैट पर्वियों के सत्यापन के बाद की जानी चाहिए न कि मतगणना के बाद इन नेताओं ने मांग की है कि अगर यी वी पैट पर्चियों की जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उस विधानसभा खण्ड के सभी मतदान केन्द्रों की वी वी पैट पर्चियों का सत्यापन किया जाना चाहिए विपक्षी दलों ने वी वी पैट पर्चियों की संख्या का मिलान ई वी एम आंकड़ों से करने का मुद्दा भी उठाया भाजपा ने ई वी एम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के लिए विपक्ष की आलोचना की है पार्टी ने कहा है कि अगर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लौटने के लिए वोट दिया है तो विपक्ष नम्रतापूर्वक अपनी हार स्वीकार कर ले राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी अट्ठाइसवीं पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित की उन्नीस सौ इकयान्वे में कल ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्ठी में वक्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला प्रदेश भर में कल ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल का पर्व धार्मिक हर्षाल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों में जयकारों के साथ पवनसुत के दर्शन के लिये हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा

लखनऊ के अलीगंज स्थित प्रसिद्व हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी थी मंदिरों में विशेष श्रंगार के साथ साथ सुन्दरकांड का पाठ और भजन संध्या के कार्यक्रम आयोजित किये गये बड़े मंगल पर जगह जगह पर भंडारे भी लगाये गय थे वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया बह्जन समाज पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निलम्बित कर दिया गया है रामवीर उपाध्याय को विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से भी हटा दिया गया है बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी प्रदेश में कल हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर कल सुबह एक सड़क हादसे में ग्रेटर नोएडा की शारदा मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा सहित तीन और छात्रों की मौत हो गई यह छात्र छात्राएं एक कार में सवार होकर हिमाचल प्रदेश से छुट्टी मनाकर लौट रहे थे यह दुर्घटना बागपत जिले के शरफाबाद गांव के पास उस समय घटित हुई जब उनकी कार सड़क के किनारे खड़े टैंकर के नीचे घूस गई उधर हरदोई लखनऊ मार्ग पर सुन्नी गांव के निकट मोटर साइकिल और कार की टक्कर में मोटर साइकिल पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई वहीं कौशाम्बी में सड़क के किनारे खड़ी माँ वेटी और बेटे को तेज रफ्तार से आ रहे एक वाहन ने कुचल दिया जिसमें माँ बेटी की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया